देशवासियों को घबराने की जरूरत नहीं है स्वास्थ्य मामलों संबंधी नीति आयोग के सदस्य डॉ वी के पॉल ने बताया कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस का रूप बदलने के कारण संक्रमण बढ गया है इससे रोग की गंभीरता और मृत्यु दर प्रभावित नहीं हुई है डॉक्टर पॉल ने कहा कि इस समय घबराने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि विकसित की जा रही वैक्सीन की क्षमता पर वायरस के नए रूप का अभी तक कोई द्ष्प्रभाव नहीं देखा गया है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

आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रुखंला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिये हमारे श्रोता का संदेश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

शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि परीक्षा के लिए अगली तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी आगामी प्रतियोगिता और बोर्ड परीक्षाओं के बारे में देशभर के अध्यापकों से वर्चुअल माध्यम से संवाद करते हुए श्री पोखरियाल ने यह बात कही

कृषि कानूनों को कृषि क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा सुधार बताते हुए श्री तोमर ने कहा कि इससे किसानों को अपनी उपज को बेचने की आजादी होगी उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा और उन्हें प्रौद्योगिकी का लाभ मिलेगा कल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सदस्यों के साथ बातचीत में श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा की है जिसमें किसानों को अपने उत्पादन की लागत का कम से कम डेढ़ गुना ज्यादा फायदा होगा उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता रहेगा

इन जिलों में हैदराबाद की सीएसआईआर एनजीआर हेली बोर्न जियोफिजिकल सर्वे तकनीक के साथ सर्वे करेगी इस काम की शुरूआत करने के लिए केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में नई दिल्ली में केन्द्रीय भूजल बोर्ड और सीएसआईआर एनजीआर के बीच एमओयू किया गया है श्री शेखावत ने बताया कि रिमोट तकनीक से इस सर्वेक्षण की शुरूआत गुजरात राजस्थान और हरियाणा के सूखाग्रस्त एक लाख वर्ग किलोमीटर इलाकों में की जाएगी